अब तक लगभग एक लाख दस हजार संक्रमित हुए स्वस्थ

श्री मांझी ने जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की

प्रदेश में कोविड उन्नीस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर पचासी प्रतिशत से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अब तक लगभग एक लाख दस हजार लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार आठ सौ साठ नये मामलों की पुष्टि हुई है जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा एक लाख अठाईस हजार आठ सौ पचास हो गया है राज्य में सबसे अधिक दो सौ छियानवे मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है प्रदेश के तीन अन्य जिलों में भी सौ से अधिक कोविड उन्नीस के नये मामले सामने आये हैं भागलपुर में एक सौ अठाईस बेगूसराय में एक सौ तेईस और मुजफ्फरपुर में एक सौ तीन संक्रमित मिले हैं गया में संतानवे मध्रबनी में पंचानवे अररिया में चौरासी पूर्णिया में पचहत्तर पूर्वी चंपारण में सत्तर औरंगाबाद में सड़सठ कटिहार में पैंसठ सुपौल में इकसठ गोपालगंज में अंठावन रोहतास में चौवन सारण में सैंतीस समस्तीपुर और मधेप्ररा में इकतीस इकतीस पश्चिम चंपारण और नालंदा में तीस तीस भोजप्र में उनतीस सीतामढ़ी में सताईस बक्सर में छब्बीस वैशाली और किशनगंज में चौबीस चौबीस दरभंगा में इक्कीस मामलों की पुष्टि हुई है वहीं इस महामारी से अब तक छह सौ बासठ लोगों की मृत्यु हुई है देश में कोविड उन्नीस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर तैंतीस लाख दस हजार से अधिक हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान संक्रमण के पचहत्तर हजार से अधिक मामले सामने आये हैं इधर ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर अब छिहत्तर दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले तीस दिनों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर ताजा मिले मामलों का शत प्रतिशत है मृत्यु दर भी तेजी से घटकर एक दशमलव आठ तीन प्रतिशत पर आ गई है वहीं महामारी से अब तक साठ हजार चार सौ बहत्तर लोगों की मौत हुई है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ संघर्ष के दौरान कोरोना योद्धाओं के साथ काम करने के लिए एक लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों को योगदान की सराहना की वे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय के डीजीएनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप का उद्घाटन कर रहे थे इस ऐप के माध्यम से एनसीसी कैडटों को देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि एनसीसी में एकता अनुशासन और राष्ट्र सेवा की शिक्षा प्रदान की जाती है नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए सभी लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है साउंड बाईट अपने बुज्गों का ख्याल रखना अलग रखना दूरी बनानी लेकिन सोसली उनको इमोशनली उनको दूर नहीं करना और किसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने को वर्कर के साथ में जहां हम जा रहे हैं जहां हम खड़े हो रहे हैं लाईन में खड़े हो रहे हैं शॉप पर हैं वर्कप्लेस पर हैं बहुत जरूरी है और साथ साथ में यह भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हाथ को सेनेटाईज करना है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई कराते समय प्ररी सावधानी बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाए किए जाएंगे एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमकिता है

हमने इस बात का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है कि जो बच्चे परीक्षा केन्द्र पर एकत्र होते हैं परीक्षा श्रू होने के पहले या परीक्षा से को राज्य के बाद उसको भी प्रापली कंट्रोल किया जाए इसके अलावा नंबर ऑफ इविजिलेटर की संख्या को भी दोगुना कर दिया गया है

नीट अंडर ग्रेजूएट के लिए अब तक नौ लाख चौरानवे हजार उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर चुके हैं वहीं जेईई मेन के लिए करीब साढ़े सात लाख उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं करीब आठ लाख पचास हजार उम्मीदवारों ने जेईई मेन के लिए पंजीकरण कराया है जबकि पंद्रह लाख उम्मीदवारों ने नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए पंजीकरण कराया है नीट की परीक्षा तेरह सितंबर को होगी जेईई मेन की परीक्षा पहली से छह सितम्बर तक होगी गया स्थित दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये सीयूसीईटी के माध्यम से आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गयी है ये परीक्षा अठारह उन्नीस और बीस सितम्बर को आयोजित की जायेगी विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी मोदस्सीर आलम ने बताया कि सीयूएसबी की आधिकारिक वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट सीयूसीईटी एग्जाम डॉट इन पर इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है परीक्षा ऑफ लाईन होगी और अभ्यर्थियों को कोविड उन्नीस संक्रमण से बचाव के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा गंगा नदी में उफान और गंडक नदी के जलस्तर में जारी उतार चढ़ाव के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है गंगा नदी के बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिले मुंगेर भागलपुर कटिहार और खगड़िया हैं राज्य के अन्य जिलों में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है गंगा नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है आज नदी के जलस्तर में बक्सर और मूंगेर में बढ़ोतरी दर्ज की गयी जबकि पटना में ज्यादातर स्थानों पर नदी का जलस्तर घट रहा है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भागलपुर जिले में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है इधर सोन नदी के जलस्तर में कमी हो रही है रोहतास जिले के इंद्रपुरी भोजपुर जिले के कोइलवर और पटना जिले के मनेर में नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गयी है वहीं पुनपुन नदी में जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है गंडक बागमती ब्रूढ़ी गंडक कोसी और महानंदा नदी के जलस्तर में अधिकांश स्थानों पर कमी देखी जा रही है कहीं कहीं नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है अधवारा समूह और कमला बलान नदी के जलस्तर में कमी से बाढ़ से प्रभावित लोगों ने राहत की सांस ली है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार तीस अगस्त को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की अड़सठवीं कड़ी होगी मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है राज्य में विधानसभा चूनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गयी है इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने आज जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की हालांकि बातचीत के बाद श्री मांझी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर निकलने पर संवाददाताओं से कहा कि तीस अगस्त को वे अपनी पार्टी के रूख का खुलासा करेंगे गौरतलब है कि बीते दिनों हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था जिसके बाद पिछले कई दिनों से श्री मांझी के जदयू के साथ गठजोड़ के कयास लगाये जा रहे हैं इधर भाकपा माले ने भी राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ चुनावी समझौता करने के संकेत दिये हैं पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा ने कहा कि महागठबंधन में शामिल दलों से बातचीत चल रही है गौरतलब है कि दो प्रमुख वाम दल सीपीआई और सीपीएम ने कल महागठबंधन में शामिल होने की घोषणा की थी कोविड उन्नीस महामारी के खतरे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल वर्चअल तरीके से चुनावी बैठक कर रहे हैं जदयू ने जेडीयू लाईव डॉट कॉम नाम से ऑनलाईन प्लेटफार्म बनाया है इसके माध्यम से पार्टी के नेता अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार जल्द ही उसका उद्घाटन करेंगे इसी तरह भाजपा भी ऑनलाईन प्लेटफार्म पर वर्चुअल बैठक कर रही है दरभंगा जिले में चूनाव कार्य और मतगणना केन्द्रों के लिये स्थल चयन का काम शुरू हो गया है जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में तीन से चार मतगणना केन्द्र बनाये जायेंगे इधर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न जिलों में स्वीप अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं नवादा जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लोगों को वोट डालने के लिये प्रेरित किया गया गया जिले में गया कॉलेज अनुग्रह नारायण कॉलेज और मिर्जा गालिब कॉलेज में पिछले तीन दिनों से चुनाव पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है जिलाधिकारी ने कहा है कि प्रशिक्षण कार्य में नहीं भाग लेने वाले कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी शेखपुरा जिले में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये निगरानी समिति की बैठक की गयी इसमें दिव्यांग मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने और उन्हें घर तक छोड़ने के लिये की जाने वाली व्यवस्था पर जोर दिया गया रोहतास और वैशाली जिले में भी मतदाता जागरूकता और मतदान केन्द्रों के सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है भागलपुर जिले में इस बार विधानसभा चुनाव की मतगणना दो केन्द्रों पर होगी इस वर्ष पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना केन्द्र बनाया गया है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है श्री जावड़ेकर एक वर्चुअल समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि फेक न्यूज से शांति भंग होने की बहुत अधिक संभावना होती है और सामाजिक मीडिया मंच पर जनमत को भ्रमित करने का रूझान जनसाधारण के लिए बहुत खतरनाक है श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने फेक न्यूज पर अंकुश के लिए वास्तविक जांच दल गठित की है जो डिजिटल माध्यम पर पेश की गई सूचनाओं की जांच पड़ताल करेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र यानी एलपीसी ऑनलाईन निर्गत करने की सुविधा का आज शुभारंभ किया इससे जमीन के म्यूटेशन कराने में लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने में मदद मिलेगी श्री कुमार ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत दो सौ इक्कीस करोड़ रूपये से अधिक की लागत वाली काम्फेड की भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया इसमें डेयरी संयंत्र पशु आहार कारखाने दूध गुणवत्ता जांच केन्द्र शामिल है इधर समस्तीपुर जिले के हरपुर एलौथ में एक अरब बीस करोड़ रूपये की लागत से राज्य का पहला ऑटोमेटिक डेयरी प्लांट आज से शुरू हो गया प्रतिदिन इसकी क्षमता पांच लाख लीटर दूध उत्पादन की है इसके चालू हो जाने से समस्तीपुर दरभंगा और मधुबनी जिले के तीन लाख पशुपालकों को लाभ मिलेगा मुख्यमंत्री ने गया में दो लाख लीटर दैनिक क्षमता और हाजीपुर में चार लाख दैनिक क्षमता वाले डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया इस अवसर पर काम्फेड के सुधा ब्रांड के तीन आईसक्रीम ट्रेटा पैक लस्सी और बोतल बंद हल्दी दूध जैसे उत्पादों की भी शुरूआत की गयी बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने पचास साल से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों के कार्य क्षमता की समीक्षा के प्रस्ताव का विरोध किया है संघ के अध्यक्ष मृत्यूंजय कुमार सिंह ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर संगठन की ओर से विरोध दर्ज कराया है संघ ने कहा है कि पचास साल से ज्यादा उम्र के पुलिस कर्मियों की छंटनी का पुरजोर विरोध किया जायेगा गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले दिनों एक संकल्प जारी किया है जिसमें काम करने में अक्षम सरकारी कर्मियों की समीक्षा का फैसला किया गया है इसी संकल्प पत्र को पुलिस मुख्यालय ने राज्य के विभिन्न पुलिस अधीक्षकों और रेल पुलिस अधीक्षकों भेजा है बेगूसराय जिले में सिमरिया घाट के पास बाईपास रोड पर एक पिकअप वैन रेलवे ओवरब्रिज के हाईटगेज से टकरा गयी

अब तक लगभग एक लाख दस हजार संक्रमित हुए स्वस्थ

श्री मांझी ने जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की